पेंशनधारियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दे रहा है कई विकल्प

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्ल राजस्थान के पाली जिले में जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की एक सौ इक्यानवीं जयंती पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शांति प्रतिमा का अनावरण किया प्रधानमंत्री ने कहा कि नया साल आध्यात्मिक आभा का वर्ष है और प्रेरणा देने वाला है श्री मोदी ने कहा कि गुजरात की धरती दो वल्लभों की जननी है प्रधानमंत्री ने कहा कि यह प्रतिमा विश्व के लिए शांति और अहिंसा की प्रेरणा का स्रोत बनेगी संत जन भारत से हमेशा पूरे विश्व को मानवता को शांति अहिंसा और बंध्वत्व का मार्ग दिखाया है ये वो संदेश है जिनकी प्रेरणा विश्व को भारत से मिलती है इसी मार्ग दर्शन के लिए दुनिया आज एक बार फिर भारत की ओर देख रहा है मुझे विश्वास है कि ये स्टेच् ऑफ पीस विश्व में शांति अहिंसा और सेवा का एक प्रेरणास्रोत बनेगी श्री मोदी ने कहा कि आचार्य वल्लभ ने भारत को शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया उन्होंने कई राज्यों में कई शिक्षा संस्थानों की स्थापना की प्रधानमंत्री ने कहा कि देश महिला शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए इन संस्थाओं का ऋणी है श्री मोदी ने संतों और महात्माओं से आग्रह किया कि वे वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय चीजों को अधिक महत्व देने के संदेश को अपने अन्यायियों तक पहंचाएं

जिस प्रकार से आजादी के आंदोलन की पिठिका भक्ति आंदोलन से शुरू हुई भक्ति आंदोलन ने ताकत दी वैसे ही आत्मनिर्भर भारत की पिठिका तैयार करने का काम भी हमारे संतों महंतों आचार्यों का है आप जहां भी जाएं जहां भी बोलें अपने शिष्य हों या संत जन हों आपके मुंह से लगातार ये संदेश देश के हर व्यक्ति तक पहंचते रहना चाहिएं और वो संदेश हैं वोकल फॉर लोकल प्रधानमंत्री ने कहा कि संतों और महात्माओं ने स्वाधीनता आंदोलन को सुदृढ़ करने और आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भारत ने विश्व को हमेशा मानवता शांति अहिंसा और भाईचारे का रास्ता दिखाया उन्होंने कहा कि यही वह संदेश है जिसकी प्रेरणा भारत विश्व को देता रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी के लिए विश्व आज एक बार फिर भारत की ओर देख रहा है एक सौ इक्यावन इंच ऊंची यह प्रतिमा अष्टधातु से बनी है जिसमें मुख्य रूप से तांबे का इस्तेमाल किया गया है इसे राजस्थान के पाली में जेतप्रा स्थित विजय वल्लम साधना केंद्र में स्थापित किया गया है श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज के सम्मान में स्थापित की गयी शांति प्रतिमा को स्टेचू ऑफ पीस का नाम दिया गया है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कोविड महामारी के कारण ईपीएस पेंशनभोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की सुविधा उनके आवास पर या उसके निकट मुहैया कराने के लिए कई विकल्प उपलब्ध कराएं हैं इन सभी माध्यमों और एजेंसियों के माध्यम से जमा कराए जाने वाले जीवन प्रमाण पत्र पूरी तरह वैध होंगे

इसके अलावा उमंग ऐप के जरिए भी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र दिया जा सकता है हाल में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने पेंशनभोगियों को उनके घर पर डिजिटल प्रमाणपत्र सेवा उपलब्ध कराने की शुरूआत की है कर्मचारी भविष्य निधि कोष के पेंशनभोगी इस सेवा के लिए सामान्य शुल्क का भूगतान कर ऑनलाइन अनुरोध कर सकते हैं नजदीक के डाकघर से पोस्टमैन उनके घर जाएगा और डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र बनाने की प्रक्रिया पूरी करेगा नए दिशानिर्देशों के अनुसार संगठन के पेंशनभोगी अब अपनी सुविधा के अनुसार वर्ष के दौरान कभी भी यह प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं यह एक साल तक वैध होगा

प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों के कल्याण और उनकी समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीर है और इस दिशा में प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं श्री शाही कल महोबा के जैतपुर विकासखंड रिथत कृषि विज्ञान केन्द्र में किसानों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सत्तारूढ़ होने के बाद महोबा ज़िले के करीब साढ़े छियालीस हज़ार किसानों के दो सौ तिरसठ करोड़ रूपये का कर्ज़ माफ किया गया है इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर बुन्देलखंड के सभी कृषि विज्ञान केन्द्रों को दस दस लाख रूपये की धनराशि मुहैया कराई गई है जिससे उन्नतिशील बीजों का उत्पादन हो सके कृषि मंत्री श्री शाही ने कहा कि खेती से ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने और पैदावार बढ़ाने के लिये तकनीकी का इस्तेमाल ज़रूरी है इस सिलसिले में केन्द्र सरकार किसानों को अनुदान एफपीओ और दस लाख किसान समूह बनाकर तकनीकी से जोड़ने का प्रयास कर रही है सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने डिजिटल मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति का अनुपालन एक महीने के अंदर करने का अनुरोध किया है मंत्रालय ने सरकार के इस फैसले के अनुपालन के लिए डिजिटल माध्यम के जरिए समाचारों और नवीनतम घटनाक्रम के सुचारू संचार और अपलोडिंग करने वाली पात्र कम्पनियां की सुविधा के लिए कल सार्वजनिक नोटिस जारी किया

नोटिस में यह भी कहा गया है कि जो कम्पनियां देश में नया विदेशी निवेश लाना चाहती हैं उन्हें उद्योग तथा आंतरिक व्यापार विभाग के विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल के माध्यम से केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होगी प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया है कि राज्य में कोरोना संक्रमण में कमी आ रही है उन्होंने कहा कि दिल्ली से लगे प्रदेश के सीमावर्ती ज़िलों में कोरोना संक्रमण के कुछ मामले बढ़े हैं इसलिये उन ज़िलों में विशेष सावधानी बरती जा रही है श्री सहगल कल लखनऊ में प्रेस प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में टेस्टिंग की रफ़्तार पूर्ववत रखी जा रही है ताकि जल्द से जल्द संक्रमण की पहचान की जा सके इसके अलावा लक्षित समूहों की भी जांच निरन्तर की जा रही है और कोविड अस्पतालों में समूचित व्यवस्था है

इस समय देश में कोरोना रोगियों की कुल संख्या चार लाख पैंसठ हजार है सर्दी के मौसम की शुरुआत पर कल सवेरे केदारनाथ मंदिर के कपाट श्रद्वालुओं के लिए बंद कर दिये गये इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उपस्थित थे मंदिर के कपाट बंद होने के बाद केदारनाथ में बर्फवारी हुई भगवान केदारनाथ की उत्सव मूर्ति को ऊखीमठ लाया गया है शीतकाल के प्रारंभ पर कल यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद कर दिए गए हैं शीतकालीन पूजा के लिए मां गंगा की डोली मुखबा लाई गयी सिद्दार्थनगर जिले के सदर थाना क्षेत्र के मध्बेनिया कस्बे के पास कल सुबह एक कार अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा गई जिससे छ लोगों की मौके पर ही मौत हो गयी और चार अन्य गम्मीर रूप से घायल हो गये घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज गोरखपुर भेजा दिया गया